मण्डी जिला में सिराज विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी मैदान में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मातू शक्ति का आशीर्वाद अहम होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के बालाकोट में सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राईक के सबूत मांग रहे हैं और उन्हें अपनी सेना पर विश्वास नही है मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में भाजपा को सहयोग देने का आहवान किया इस अवसर पर कांग्रेस के सैंकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा कार्यक्रम में सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे भाजपा बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं भाजपा व कांग्रेस बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं इसी कड़ी में भाजपा ने शिमला संसदीय क्षेत्र की कार्यशाला आज पार्टी कार्यालय दीप कमल में हुई बैठक की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव चन्द्रमोहन ठाक्र ने की उन्होंने बताया कि कार्यशाला में भाजपा की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया संसदीय क्षेत्र के पालक राजीव सहजल ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साहित है और कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को नया सीखने को मिलता है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बूथ कार्यकर्ताओं से पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को करने का आहवान किया है आज शिमला में पार्टी कार्यालय राजीव भवन में बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा को कार्यकर्ता मजबूत करता है रजनी पाटिल ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम बूथ कार्यकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होते हैं और इस दौरान उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हासिल होता है इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिले मार्गदर्शन को बूथ कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव बूथों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में चुनाव प्रक्रिया के तहत ईवीएम वीवीपैट और अन्य सामग्री हैलीकॉप्टर के माध्यम से आज पहुंचा दी गई जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार चौधरी ने बताया कि चुनाव को सुचारू ढंग से कराने के लिए गठित कमेटियों को पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को हैलीकॉप्टर के माध्यम से लाहौल लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की असुविधा न हो चुनाव कांगड़ा कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मददेनजर नकदी शराब व अन्य प्रलोभन की वस्तुओं का लेन देन एक दंडनीय अपराध है उन्होंने कहा कि जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इन पर नजर रखने के लिए उडनदस्तों का गठन किया गया है जो समय समय पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं संदीप कुमार ने सभी लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी भी सभा क्षेत्र में अधिक मात्रा में नकदी ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वह उसकी प्राप्ति का स्रोत व अंतिम उपयोग बारे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें स्वीप कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की जनकौर पंचायत में एक मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया जिसकी अध्यक्षता स्वीप के जिला नोडल अधिकारी सोमिल गौतम ने की उन्होंने लोगों से बढ़चढ़ कर चुनाव में भाग लेने के साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का आहवान किया अंतिम संस्कार कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र के थरूवा गांव के शहीद विदेश ठाकुर का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ किया गया इस मौके क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों ने उन्हें अश्रपूर्ण विदाई दी

कुल्लू जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम अक्षय सूद ने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी